मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाडमेर जिले में सीमा चौकियों का दौरा कर सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हौसला अफजाई की

देशभर में आज जनऔषधि दिवस मनाया जा रहा है साढ़े छह सौ जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं रसायन और उरर्वक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूरे देश के पांच हजार जन औषधि केन्द्रों को सम्बोधित करेंगे

जिससे ग्रामीण स्तर पर भी लोग सस्ती और ग्रणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं ले सकेंगे

उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा स्वच्छ भारत मिशन में विश्व बैंक के तहत काम करने वाली स्वतंत्र एजेंसी के सर्वेक्षण के हवाले सामने आया है केन्द्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर काम कर रही है

उन्होंने कहा कि जवानों के हित में हाल में कई कदम उठाए गए हैं जिनमें उनके लिए निशुल्क हवाई यात्रा कराने का फैसला भी शामिल है

उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से सरहद पर मौजूदा स्थितियों के बारे में जानकारी ली और जवानों की हौसला अफजाई की

इस दौरान उप महानिरीक्षक गुरपाल सिंह ने बीएसएफ की कार्य प्रणाली के बारे में बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गडरा चौकी के व्यू पॉइंट से सरहद पार गतिविधियों की जानकारी ली इससे पहले उन्होंने राणासर गांव में जन सभा को सबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं

वहीं सीटीजन फीडबैक में यह देश में पहले स्थान पर आया है राज्य के स्वच्छ भारत मिशन निदेशक पवन अरोडा और ड्रंगरपुर नगरपरिषद के सभापति केके गुप्ता को इसके लिए अवार्ड दिया गया

हालांकि जयपुर सहित अधिकांश शहरों की रैंकिंग पिछडी है

अगर आज चाँद दिखाई दिया तो इसके साथ ही उर्स की रस्में शुरु हो जायेंगी अगर चांद दिखाई नहीं दिया तो जन्नती दरवाजा रात को वापस बंद कर दिया जायेगा और कल सुबह खोला जायेगा इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दरगाह शरीफ पर चादर पेश की गई केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश कर उनका संदेश पढ कर सुनाया इसके बाद श्री नकवी ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया उधर उर्स में भाग लेने के लिए देशभर से जायरीन के पहुंचने का सिलसिला जारी है

सचिव ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए अपने स्तर पर साठ उड़न दस्तों का गठन किया है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर सवा सौ से ज्यादा उड़न दस्ते बनाए गए हैं

श्री सिंह ने बताया कि अधिकांश राज्य इस योजना में दिलचस्पी ले रहे हैं और किसानों से संबंधित आंकड़े भेज रहे हैं उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसम्बर से यह योजना शुरु हयी है और मार्च तक पहली किश्त की राशि संबंधित किसानों के बैंक खातों में भेज दी जायेगी अप्रैल से इस योजना की दूसरी किश्त की राशि जारी की जायेगी इस योजना के तहत वर्ष में किसानों को तीन किश्त में दो दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि कोटा संभाग के किसान आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे

उन्होंने कहा कि किसान ई मित्र केन्द्र या संबंधित खरीद केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है